मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा प्रयागराज का कुंभ सामाजिक समरसता का है प्रतीक

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि एनडीए सरकार ने महंगाई के मुद्दे पर सफलतापूर्वक कार्रवाई की है भारतीय जनता पार्टी के मेरा बूथ सबसे मजबूत पहल के तहत तमिलनाडु में कन्याकुमारी नीलगिरि कोयम्बटूर नामक्कल और सेलम के बूथ स्तर के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत में कल उन्होंने यह बात कही श्री मोदी ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान महंगाई की दर लगातार ऊंची रहने से जनता परेशान थी और एनडीए सरकार के कठोर उपायों से महंगाई को काबू में किया गया है श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार देश के किसानों के लिए सबसे अधिक मददगार साबित हुई है प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उत्पादन लागत का कम से कम डेढ़ गुना फायदा मिले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज रायबरेली और प्रयागराज के एक दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री पहले रायबरेली आयेंगे और वहां लालगंज की मॉर्डर्न रेल कोच फैक्ट्री में उत्पादित नौसवें रेल डिब्बे तथा हमसफर ट्रेन कोचों को हरी झंडी दिखा कर रवाना करेंगे इससे पहले वह मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री का निरीक्षण करेंगे और यहां आयोजित एक जनसभा को संबोधित करेंगे वर्तमान वर्ष के दौरान रेल कोच फैक्ट्री में एक हजार चार सौ बाईस कोच बनाने का लक्ष्य निर्घारित किया गया है प्रधानमंत्री एक अन्य समारोह में रायबरेली फतेहपुर बांदा खंड की चौड़ी सड़क का उद्घाटन करेंगे एक सौ सैंतीस किलोमीटर लम्बे इस खंड के चौड़ीकरण के कार्य में करीब पांच अरब अट्ठावन करोड़ रूपये की लागत आई है इसके बाद श्री मोदी प्रयागराज जायेंगे तथा वहां कुंम मेले के तीर्थयात्रियों के लिये विभिन्न सुविधाओं से संबंधित चार हजार करोड़ से अधिक परियोजनाओं का उदघाटन और शिलान्यास करेंगे श्री मोदी अगले वर्ष होने वाले कुंभ मेले के लिये संगम पर चल रही तैयारियों का जायजा भी लेंगे इसके बाद वह कुंभ मेला स्थल के पास झूंसी के अंदावा में एक जनसमा को भी संबोधित करेंगे इससे पहले प्रधानमंत्री अरैल में संगम पर गंगा पूजन और मेला स्थल के पास स्थित किले में अक्षय वट वृक्ष का दर्शन भी करेंगे श्री मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कृंम मेला क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करेंगे प्रधानमंत्री मेले के दौरान कानून व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण के लिये बने एकीकृत कमान और नियंत्रण केन्द्र आईसीसी का उद्घाटन करेंगे श्री मोदी बमरौली हवाई अड्डे की न्यू टर्मिनल की बिल्डिंग का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर रायबरेली और प्रयागराज में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज का कृंम समाजिक समरसता का एक सशक्त उदाहरण है जहां सभी वर्ग पंथ सम्प्रदाय और भाषा के लोग एक साथ संगम में डुबकी लगाते हैं

उन्होंने कहा कि प्रयागराज के संगम तट पर स्थित किला आस्था श्रद्वा और भक्ति का केन्द्र रहा है कुंम के दौरान यहां मौजूद अक्षयवट कृष्ठ श्रद्वालुओं के दर्शन के लिये खोल दिया जायेगा

आज केन्द्रीय मंत्री थॉवर चन्द्र गहलोत समरसता कुंभ का समापन करेंगे क्म मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिये केन्द्रीय विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह सत्तर से अधिक देशों के राजनयिकों के साथ कल प्रयागराज पहुंचे इनमें कई इस्लामिक देशों के राजनयिक भी शामिल थे सभी राजनयिकों का स्वागत किया गया इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी लगायी गई जिसके माध्यम से मेहमानों को कुंभ और प्रयागराज की संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों की जानकारी दी गई

श्री जेटली ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अब काफी लचीलापन और मजबूती है नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ फिक्की की वार्षिक आम बैठक में श्री जेटली ने कहा कि सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य तीन दशमलव तीन प्रतिशत रखेगी केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने संसद को सूचित किया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्त वर्ष दो हजार चौदह पन्द्रह से दो हजार सत्रह अट्ठारह के दौरान चार वर्ष में दो लाख तैंतीस हजार करोड़ रुपये के डूबे ऋणों की वसुली की है लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में श्री शुक्ल ने बताया कि सार्वजनिक बैंकों के वैश्विक बैंकिंग कार्यो से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार दो लाख तैंतीस हजार तीन सौ उनतालीस करोड़ रुपये की वसुली की गई जिनमें बत्तीस हजार छः सौ तिरान्नबे करोड़ रूपये बंद खातों के थे राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लौह पुरूष सरदार वल्लम भाई पटेल की पृण्य तिथि के अवसर पर लखनऊ के जीपीओ पार्क स्थित उनकी प्रतिमा पर पृष्प अर्पित कर श्रद्वाजलि अर्पित की

राज्यपाल ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हए कहा कि सरदार पटेल ने जिस कुशलता से रियासतों को विलय करने का काम किया वह अभूतपूर्व था इसके कारण ही आज हम एक बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में विश्व में पहचान बना पाये हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार पटेल को श्रद्वाजलि अर्पित करते हुए कहा कि भारत की एकता एवं अखण्डता के लिये देश के सभी नागरिक इस महान सप्त का सदैव स्मरण करते रहेंगे बुलन्दशहर हिंसा के मामले में पुलिस ने चार और आरोपियों अन्टी उर्फ अमित आशीष कुमार हेमू और अंकुर को गिरफ्तार कर लिया है इन्हें लेकर इस मामले में अब तक सत्रह आरोपित गिरफ्तार किए जा चुके हैं मुख्य आरोपित योगेश राज अभी भी फरार है बुलंदशहर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सभी फ़रार आरोपियों के ख़िलाफ़ ग़ैर ज़मानती वारट जारी किया है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि फुरार अभियुक्तों को पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है अगर ये आरोपित समपर्ण नहीं करते हैं या उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाती तो उनके ऊपर शीघ्र ईनाम घोषित किया जायेगा और उनकी सम्पत्ति क्र्क कर ली जायेगी तीन दिसम्बर को हई इस हिंसा के मामले में सत्ताईस नामज़द और चौसठ अज्ञात लोगों के ख़िलाफ प्राथमिकी दर्ज को गई है विशेष जांच दल एसआईटी इस मामले की जांच कर रहा है प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने निर्देश दिये हैं कि आगामी ग्रीष्म ऋतु में लखनऊवासियों को बेहतर बिजली सप्लाई सुनिश्चित की जाये सभी को चौबीस घंटे बिजली मिले इसके लिये कार्य योजना बनाकर सभी कमियों को इकतीस जनवरी दो हजार उन्नीस से पहले हर हाल में द्रूस्त कर लिया जाये ऊर्जा मंत्री अगली गर्मी में लखनऊ शहर को चौबीस घंटे बेहतर बिजली सप्लाई के लिये किये जा रहे कार्यो की समीक्षा कर रहे थे